सावन की अंतिम सोमवारी पर मंदिरों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे भारत को व्यापार का आकर्षक केन्द्र बनाए जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे एक अंग्रेजी दैनिक को साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षो में निवेश के साथ विकास को बढ़ावा देना है सरकार इस दौरान एक सौ लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू और विदेशी दोनों ही स्रोतों से निवेश बढ़ाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है श्री मोदी ने कहा कि यह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाया जाएगा श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा व्यापार को सुगम बनाने के अधिक उपाय किए जाएंगे और बिजली क्षेत्र में सुधार को वरीयता दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को भारत के विकास यात्रा में अवश्य भरोसा रखना चाहिए और वे भारत को व्यापार का बेहतर स्थान बनाने के हरसंभव उपाय करेंगे बाईट छोटी छोटी उद्योगों को मदद करने के लिए ये मुद्रा योजना चल रही है और पहले जो अतिरिक्त ब्याज के कारणों और कारणों से अधिक खर्चा होता था इन दिनों ये पैसे इनके हाथ में आने के कारण हर महीना करीब करीब एक हजार रूपया ज्यादा बचने लगा और उनके परिवार को एक अच्छा व्यवसाय भी धीरे धीरे पनपने लग गया लेकिन मैं चाहूंगा कि इस योजना का और प्रचार हो हमारी सभी बैंक और ज्यादा संवेदनशील हो और ज्यादा से ज्यादा छोटे लोगों को मदद करें मुद्रा योजना पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बाईट व्यापार के मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराये जाने से आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है

इसके अलावा ई कामर्स से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा भी तैयार किया गया है आनंद कुमार के साथ दीवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि बिहार में जितनी स्वतंत्रता पुलिस को मिली हुई है उतनी स्वतंत्रता किसी अन्य राज्य में नहीं है

भीड़ की हिंसा से जुड़े एक सवाल के जवाब में श्री पांडेय ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला कर स्थिति बिगाड़ रहे हैं उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ऐसे अफवाहों पर अंकुश लगाने में सहयोग की अपील की वैशाली जिले में दो कुख्यात नक्सलियों ने आज हथियारों और गोला बारूद के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया दोनों ही नक्सली के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मामले लंबित है पुलिस महानिरीक्षक अभियान ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत नियमानुसार सभी सुविधाएं दी जायेंगी इस बीच पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने नक्सलियों से विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है इधर मुजफ्फरपुर जिले से एसटीएफ की टीम ने दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक महिला भी शामिल है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर चकमुरमुर में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी मौके पर पहुंची पुलिस पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव किया पुलिस ने बताया कि इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है मौके पर पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी कैम्प कर रहे हैं स्थिति अभी नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण बतायी जा रही है दरभंगा जिले में बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गौराबौराम के अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है वहीं बहेड़ी की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है साथ ही बहेड़ी प्रखंड की ही एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका को चयन मुक्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात डिस्कवरी चैनल की मैन वर्सस वाइल्ड श्रंखला के सर्वाइवल टेलीविजन धारावाहिक के तहत प्रसारित किये जाने वाले विशेष कार्यक्रम में दिखाई देंगे इस कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले बताया था कि इससे पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी यह कार्यक्रम आज रात नौ बजे से प्रसारित किया जाएगा ईद उल अजहा यानि बकरीद का त्योहार आज पूरे श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान समेत ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गयी बकरीद को देखते हये प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि यह पर्व प्रेम भाईचारे और मानव सेवा का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आशा जतायी है कि ईद उल अजहा का पर्व समाज में शांति और ख़ुशी की भावना को बढ़ावा देगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बकरीद की शुभकामनाएं देते हुये कहा है कि त्याग और बलिदान का यह पर्व समाज में सहिष्णुता सद्भावना प्रेम और बधुंत्व का संचार करेगा सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर आज प्रदेश भर में मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम लखीसराय के अशोकधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है हमारे संवाददाताओं खबर दी है कि पूरा वातावरण हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के नारों से गुंजायमान है कई जगहों पर इस अवसर पर कलश यात्रा और कांवर यात्रा भी निकाली गयी मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गरीबनाथ मंदिर के आस पास बसे मुस्लिम समुदाय के लगभग तीन दर्जन परिवारों ने सोमवारी को देखते हुये बकरीद पर आज कुर्बानी नहीं देने का फैसला किया ये परिवार कल कुर्बानी देंगे लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के अशोकधाम मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर अत्यधिक भीड़ और गर्मी में पूजा करने के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य बेहोश हो गये जिलाधिकारी शोभेन्द्र कुमार ने बताया कि हृदय गति रूकने के कारण श्रद्धालु की मौत हुई है कटिहार जिले के पोठिया चौकी क्षेत्र के नरहिया गांव के पास एक बस के द्र्घटनाग्रस्त हो जाने से एक कांवरिया की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये बस नेपाल के सप्तरी जिले से देवघर जा रही थी वहीं खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र के पितौंझिया ढ़ाला के पास पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक कांवरिया की मौत हो गयी पचास हजार रूपये के ईनामी अपराधी शिव शक्ति सिंह को बिहार पूलिस ने हरियाणा पुलिस की सहायता से गुरूग्राम के चकरपुर से गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ बेगूसराय के अलग अलग थानों में ग्यारह मामले दर्ज हैं खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र में पूलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन से बासठ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं इसी थाना क्षेत्र के बुधौरा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से तैंतीस कार्टन शराब बरामद की है

सावन की अंतिम सोमवारी पर मंदिरों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़